स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि किसी भी राज्य के साथ वैक्सीन आपूर्ति में नहीं हो रहा भेदभाव प्रतिदिन एक सौ लोगों को टीका लगाने का दिया निर्देश सांसद संजय सेठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्द्वन से झारखंड में तीन नये मेडिकल कॉलेजों में नामांकन की अनुमति देने की मांग की राज्यभर में आज धूमधाम से मनाया जा रहा है मकर संकांति का त्योहार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

झारखंड में कोरोना वैक्सीन पहुंचने के बाद उसे अब राज्य के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य जारी है कल पलामू प्रमंडल के लिए कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मेदिनीनगर पहुंच गयी जहां से पलामू गढ़वा और लातेहार जिले के अस्पतालों में भेजा जायेगा पलामू जिले के मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल समेत हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पांकी स्वास्थ्य केंद्र पाटन स्वास्थ्य केंद्र और चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र समेत जिले में छह टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं हर रोज एक केंद्र पर सौ लोगों को टीका लगाया जाएगा सुरक्षा के लिए पुलिस की भी व्यवस्था की गयी है टीकाकरण के लिए जिले के सात हजार छह सौ स्वास्थ्यकर्मियों ने पंजीयन कराया है

इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं वहीं धनबाद में भी कल कोरोना की वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गयी रजिस्ट्रेशन करा चुके कुल ग्यारह हजार सात सौ पचास लोगों को पहले चरण में टीका लगाया जाएगा सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मी इनमें शामिल हैं

टीकाकरण के लिए तोपचांची टुंडी तथा झरिया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को टीकाकरण स्थल के रूप में तैयार किया गया है आज एक बार फिर टीकाकरण स्थल पर ड्राइ रन भी किया जायेगा

टीकाकरण के लिए जिन लाभुकों का निबंधन किया गया है उनके मोबाइल पर वैक्सीनेशन संबंधी सूचना एसएमएस से दी जायेगी स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोविड वैक्सीन खुराक के आवंटन में किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है मंत्रालय ने अपने ट्वीट में कहा कि सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या के अनुरूप कोविशील्ड और कोवैक्सिन टीके आवंटित किए गये हैं इनमें कहा गया है कि वैक्सीन खुराक की ये शुरूआती आपूर्ति है और आने वाले सप्ताहों में आवश्यकतानुसार टीके की और भी खुराक उपलब्ध करायी जायेगी इसमें यह भी कहा गया है कि टीके की खुराक की आपूर्ति के बारे में जो संदेह व्यक्त किए जा रहे हैं वे निराधार हैं मंत्रालय ने कहा है कि उसने राज्यों को सलाह दी है कि वे प्रतिदिन लगभग सौ लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करें स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि टीकाकरण कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए

श्री सेठ ने कहा कि झारखंड एक पिछड़ा राज्य है और पूर्व की रघुवर दास सरकार के प्रयास से यहां के बच्चों के भविष्य को देखते हुए तीन नये मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की गई थी

इनमें हजारीबाग पलामू और दुमका शामिल हैं लेकिन एक सत्र के दाखिले के बाद इस बार के सत्र में दाखिले की अनुमति नेशनल मेडिकल काउंसिल ने रोक लगा दी

राज्य में पांच हजार से अधिक मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जायेगा ग्रामीण विकास विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार किया है विभागीय मंत्री से इसकी सहमति लेते हुए इसे कैबिनेट में पारित कराया जायेगा राज्य में लंबे समय से मनरेगा कर्मी मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे थे बीते जुलाई माह में इन्होंने आंदोलन भी किया था और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी गये थे इस दौरान मनरेगा का कामकाज प्रभावित हो गया था सरकार को दूसरे तंत्रों से मनरेगा काम कराने के लिए विवश होना पड़ा था इसके बाद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के साथ वार्ता के बाद मानदेय बढ़ाने की सहमति बनी थी

कृषि मंत्रालय ने कहा कि सरकार मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अनुसार किसानों से खरीद कर रही है मंत्रालय ने बताया है कि सरकार ने किसानों को एक लाख तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड चंडीगढ़ जम्मू कश्मीर केरल गुजरात आंध्रप्रदेश छत्तीसगढ़ ओड़िसा मध्यप्रदेश महाराष्ट्र बिहार झारखंड असम कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में धान की खरीद जारी है झारखंड में समाहरणालय भवन का निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है गिरिडीह गोड्डा और धनबाद में निर्माण कार्य प्रगति पर है

इसके अलावा नई दिल्ली में नए झारखंड भवन और दुमका में कनवेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है भवन निर्माण विभाग ने अब बोकारो और गढ़वा में नए समाहरणालय भवन तथा सिमरिया सरिया बगोदर और जामताड़ा में अनुमंडल कार्यालय बनाने का भी प्रस्ताव तैयार किया है वहीं विभाग ने रांची के रातू रोड में न्यू ऑफिसर्स फ्लैट सरकारी अधिकारियों एवं कर्मियों के लिए मल्टीस्टोरी बिल्डिंग तथा डोरंडा में अधिकारियों के लिए फ्लैट बनाने की योजना तैयार की है

प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि देश में आकाशवाणी का कोई भी केन्द्र बंद नहीं किया जा रहा है इस संबंध में भ्रामक खबरों को गंभीरता से लेते हुए प्रसार भारती ने स्पष्ट किया है कि ये खबरें आधारहीन और गलत हैं प्रसार भारती ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी आकाशवाणी केन्द्र का स्तर कम या उसे परिवर्तित नहीं किया जा रहा है आकाशवाणी केन्द्र स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए भाषाई सामाजिक सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय विविधता के अनुरूप स्थानीय कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रखेंगे

लोग विभिन्न नदियों और जलाशयों में स्नान ध्यान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं इस दिन तिल गुड अरवा चावल आदि दान करने का महत्व है आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है इसे सूर्य का धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करना भी कहते हैं उधर उपराजधानी दुमका सहित संताल परगना के अनेक हिस्सों में आज से मकर संक्रांति मेला की शुरुआत हुई दुमका जिले के मसलिया प्रखंड अंतर्गत नुनबिल नदी के तट पर सात दिवसीय नुनबिल मेला आज से शुरू हुआ

मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी ने कहा कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री से जल्द बात की जायेगी

युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है मामले में पुलिस ने डॉ सत्यजीत गुप्ता और एक महिला को हिरासत में लिया है

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद सैयद जफर इस्लाम आज तीन दिवसीय दौरे पर झारखंड आ रहे हैं श्री इस्लाम आज शाम साढ़े सात बजे रांची पहुंचेंगे

राज्य में प्रकाशित होने वाले लगभग सभी प्रमुख दैनिक अखबारों ने कारोना वैक्सीन के पहुंचने की खबर को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है

दैनिक भास्कर ने वैक्सीन पहुंचने की खबर को वेलकम वैक्सीन शीर्षक से प्रकाशित किया है

मेडिकल छात्रा हत्याकांड में एक को हिरासत में लेने और सुरेंद्र बंगाली मामले में रिकार्ड गायब होने पर हाई कोर्ट के सख्त होने की खबर को दैनिक हिंदुस्तान ने पहले पेज पर प्रकाशित किया है खबर मन्त्र ने दल बदल मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई को प्राथमिकता के साथ प्रकाशित किया है अंग्रेजी में प्रकशित दी टाईम्स ऑफ इंडिया ने देशभर में कोविड वैक्सीन पहुंचाये जाने की खबर को पहली सुर्खी बनाया है